्र प्रदेश में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी सुबह और शाम के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज

विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं

विभिन्न राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव के तहत उत्तरप्रदेश की ग्यारह गुजरात की छह केरल और बिहार की पांच पांच सिक्किम की तीन पंजाब और असम की चार चार तमिलनाडु राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की दो दो और ओडिशा तेलंगाना मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ मेघालय पुद्दचेरी और अरूणाचलप्रदेश की एक एक सीट पर वोट डाले जाएंगे

कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि खींवसर विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस के हरेन्द्र मिर्धा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भाजपा गठबंधन के नारायण बेनीवाल के बीच कडा मुकाबला है

भारतीयों ने भौगोलिक एकता और भावानात्मक एकात्मकता से आपसी सद्भाव और सकारात्मकता का वातावरण बनाया है इससे पूरी दुनिया में देश की पहचान बनी है

यहां से दिल्ली हैदराबाद अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवाए संचालित हो रही हैं

सम्मेलन में समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने विवाह समारोह में अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने दहेज प्रथा खत्म करने और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर चर्चा की जायेगी

बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि इसके तहत माता पिता के नाम शैक्षणिक योग्यता और पते में हई गलतियों को ठीक किया जा सकेगा

घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडरों को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वितरित किए

ये साइकिलें सांडवा बीदासर सांखू फोर्ट उदासर बामणिया गाँवों की नवीं कक्षा की छात्राओं की दी गई

्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी इलाके में पीने के पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर पार्षदों सहित कई लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़ कर प्रदर्शन किया ् बूंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला कारागार में बंदियों की समस्या और उनके अधिकारों पर चर्चा की गई ् बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में जिप्सम का अवैध कारोबार करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की

्र प्रतापगढ़ जिले के सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क जांच सुविधा फिर से शुरु होगी इसके लिए अस्पतालों में ट्रायल शुरु कर दिया गया है गौरतलब है कि ये जांचे पिछले चार महीनों से बंद थीं

अधिकांश स्थानों पर सुबह और शाम के तापमान में थोडी गिरावट दर्ज की गई है राजधानी जयपुर गंगानगर और बीकानेर में आज बादल छाय रहे सिरोही जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में हल्की सर्दी का असर शुरु हो गया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि अच्छी संख्या में पर्यटक माउंट आबू की गुलाबी सर्दी का आनन्द उठाने के लिए पहुंच रहे हैं